सांसद विरेंद्र कश्यप ने कहा सांसद नीधि के तहत आबंटित पूरी राशि विकास कार्यो पर हुई खर्च

लाहौल स्पीति किन्नौर चम्बा कल्लू व सिरमौर जिलों की ऊंची चोटियों व अन्य इलाकों में भारी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों कुफरी नारकण्डा सोलंगनाला कोठी मनाली मैकलोडगंज डलहौजी खजियार घूमने आए सैलानियों ने इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया विस्तृत ब्योरा इस रिपोर्ट में भारी हिमपात के चलते जनजातीय इलाकों में जनजीवन ब्री तरह अस्त व्यस्त हुआ है लाहौल स्पीति जिले से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार रोहतांग में अढाई फुट कोकसर में डेढ फुट केलंग में एक फुट से ज्यादा ताजा हिमपात हो चुका है जिले में बिजली पानी व यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं किन्नौर में बीते दो दिन से ऊचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी है अंदरूनी क्षेत्रों में हिमपात से परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं लोगों की सुविधा के लिए रिकांग पिओ से शिमला की ओर जाने वाली बसों को वाया बसंतपुर चलाया जा रहा है ज़िले के द्ररदराज गांव छितक़ुल रक्षम सांगला कल्पा प्रह व क़ुन्न् चारंग में करीब एक फुट बर्फबारी का समाचार है चम्बा जिले में भी आज बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी मृख्यालय स्थित किलाड़ में अढाई फुट तक हिमपात हो चुका है जबकि पर्यटन् नगरी खजियार डलहौजी सहित जोत में एक फुट से ज्यादा हिमपात हो चुका है चम्बा पठानकोट मार्ग भी बर्फबारी के चलते अवरूद्व हो गया है

हमारे जिला संवाददाता के अनुसार मनाली रोहतांग मार्ग पर पलचान से आगे वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है जिले के अन्य भागों में व्यापक वर्षा का दौर जारी है वहीं दूसरी ओर कांगड़ा ज़िले के मैकलोडगंज में करीब आधा फुट हिमपात हुआ है जबकि भागसूनाग और नड़्डी में करीब एक फृट बर्फबारी का समाचार है इधर सिरमौर ज़िले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में एक फृट से अधिक ताजा हिमपात हो चुका है जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी है दूसरी ओर राजधानी शिमला सहित पर्यटक स्थल कुफरी नारकण्डा मशोबरा में भी आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है शिमला घूमने आए सैलानियों ने नए साल में हुए पहले हिमपात का भरपूर लुत्फ उठाया राज्य के अन्य जिलों में भी वर्षा का दौर लगातार जारी है किसानों का मानना है कि जहां ये वर्षा उनकी फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगी वहीं आने वाले समय में पानी की दिक्कत से भी निजात मिलेगी

विभिन्न जिला प्रतिनिधियों के साथ समाचार कक्ष से विनोद कुमार के साथ नदिनी मित्तल की रिपोर्ट

जनमंच कार्यक्रम पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जन शिकायतों के निवारण के लिए जनमंच वरदान साबित हुआ है

इधर ऊना के जोल में हुए जनमंच कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने लोगों की समस्याएं सुनीं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिले के घनाहटी मे लोगों की समस्याओं का निवारण किया मंडी के साईगलु में जनमंच की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने की शहरी आवास मंत्री सरवीण चौधरी चम्बा जिले के सादल में हुए जनमंच में मौजूद रही सोलन के पट्टा महलोग में जनमंच की अध्यक्षता कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने की हमीरपुर जिले के बयाड़ में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार कार्यक्रम में मौजूद रहे बिलासपुर के नैनादेवी में हुए कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया कांगड़ा ज़िले के भड़वार में आयोजित जनमंच में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर मौजूद रहे सिरमौर जिले के पुरवाला में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने की कुल्लू के रायसन में जनमंच कार्यक्रम में उपायुक्त युनुस ने जन सुनवाई की

इस अवसर पर राष्ट्रपति सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों केन्द्रीय मंत्रियों वरिष्ठ नेताओं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित प्रदेश मंत्रिमण्उल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं दूसरी ओर प्रदेशभर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया शिमला में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बाल आश्रम के बच्चों व गरीब मजदूरों को कम्बल सहित अन्य सामान वितरित किया मुख्यमंत्री ने समस्त जनता का आभार व्यक्त किया है

मैराथन प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड शिमला द्वारा आज एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन के माध्यम से नशा मुक्त हो प्रदेश व बेटी पढ़े खेले और आगे बढ़े का संदेश दिया गया मैराथन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विजेताओं को प्रस्कृत किया उन्होंने इसके लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से समाज को जागरूक किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि इस राशि को विभिन्न विकास कार्यों के तहत खर्च किया गया है ऐप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए शिखर की ओर हिमाचल ऐप का शुभारम्भ किया ये ऐप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप एप्लिकेशन है ऐप में विभिन्न दौरों भाषणों फेसबुक फीड व ट्विटर के बारे में जानकारी उपलब्ध है बाद में मुख्यमंत्री ने एक वैबसाइट के शुभारम्भ के अलावा जनमंच कार्यक्रम पर पुस्तक जारी की और इसी कार्यक्रम के तहत एक बूटा बेटी के नाम का शुभारम्भ भी किया शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान से बिलासपुर जिले के ड्डिया में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया शिविर की अध्यक्षता घुमारवीं के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश पुणे राम पहाड़िया ने की उन्होंने कहा कि इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम व मध्यस्थता से संबंधित जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई इस मौके पर अधिवक्ता दिप्ति शर्मा ने घरेलू हिंसा जबकि अधिवक्ता वंदना शर्मा ने बाल मजदूरी अधिनियम के विषय पर मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया किसान सम्मेलन शिमला ज़िले में बसंतपुर के समीप गुम्मा में वर्टिकल फार्मिंग यानि मिट्टी रहित खेती विषय पर एक दिवसीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया गैर सरकारी संस्था आंतर्जातिक ब्रह्म विज्ञान मंदिर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के किसानों ने खेती की इस प्रणाली की जानकारी हासिल की संस्था के अनुसंधान निदेशक अरिंदम बंदोपाध्याय ने बताया कि मिट्टी रहित खेती की ये तकनीक न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है

इस दौरान वे वहां की संस्कृति और अन्य जानकारियों से रूबरू होंगी

इस अग्निकाण्ड में करोड़ों की क्षति का अनुमान लगाया गया है हालांकि किसी जानमाल के नुकसान का समाचार नहीं है उपायुक्त युनुस ने बताया कि प्रभावित दुकानदारों को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है इस घटना पर आनी के विधायक किशोरी लाल सागर ने गहरा दुख व्यक्त किया है